मुख्यमंत्री इस दौरान विदेशी निवेशकों को धर्मशाला में सात व आठ नवंबर को होने वाली गलोबल इन्वेस्टरर्स मीट में शामिल होने का न्यौता भी देंगे

उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे

रिक्त पद उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों तथा उच्च न्यायालयों से न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए है

ऊना ज़िला प्रशासन ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों को ये गोलियां खिलाने के निर्देश जारी किए हैं अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कल ऊना में एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लागू न करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द भी की जा सकती है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी

मौसम राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने छात्रवृति घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सीबीआई ने तीन जिलों में एक साथ मारे छापे पंजाब केसरी के शब्द हैं सीबीआई ने ऊना कांगड़ा चंबा और सिरमौर में एक साथ मारे छापे एकाएक हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में कई जगह दबिश कब्जे में लिए गए कई अहम दस्तावेज दैनिक भास्कर का शीर्षक है ऊना कांगड़ा समेत कई जगह छापे मार रिकॉर्ड कब्जे में लिया दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक ऊना कांगड़ा चंबा व सिरमौर में सीबीआई ने की छापामारी

नालागढ़ के डॉक्टर परमिंदर कौशल होंगे नौणी विश्वविद्यालय के नए उपकुलपति शीर्षक से खबर को आपका फैसला ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से मांगी परियोजनाओं के लिए धनराशि

अब हर साल तय होगी निजी स्कूलों की फीस शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया प्रस्ताव दैनिक जागरण की खबर है

कोटखाई सड़क हादसे से जुड़ी खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कोटखाई में गिरी कार पति पत्नी सहित तीन की मौत